प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रूस व्यापार सम्मेलन को किया संबोधित कहा भारत विष्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रूस को बताया सबसे महत्वपूर्ण साझीदार केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद को बताया देष के सामने बड़ी चुनौती कहा हिंसा को बर्दाष्त नहीं किया जायेगा प्रदेष सरकार ने राज्य को खुले में षौच मुक्त ओडीएफ करने की समय सीमा इकतीस दिसम्बर तक बढ़ाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे श्री कोविंद कानपुर में महिला स्वास्थ्य देखभाल और सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे राश्ट्रपति आज ही लखनऊ में भारत अन्तर्राश्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे प्रदेष में चार दिवसीय भारत अतंर्राश्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईएसएफ दो हजार अट्ठारह कल से राजधानी लखनऊ में षुरू हो गया है इस वर्श का विशय है विज्ञान से परिवर्तन

उन्होंने बताया कि सरकार स्टार्टअप और नवाचारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वैज्ञानिकों पर खासकर युवा वैज्ञानिकों पर विषेश रूप से भरोसा है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्शो के दौरान सरकार ने वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं षुरू की है

केन्द्रीय मंत्री ने नेषनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाये गये विज्ञान गांव में बच्चों से बातचीत भी की उन्होंने कहा कि विज्ञान गांव में बच्चों को लाने का उददेष्य उन्हें विज्ञान को समझने का अवसर देना है उन्होंने कहा कि विज्ञान से विमुख हो रहे छात्रों को महोत्सव में लगाये गये मॉडलों और चीजों को देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा उन्होंने बताया कि सरकार की जिज्ञासा योजना के तहत हर साल एक लाख बच्चों को देष की विभिन्न प्रयोगषालाओं में ले जाया जाता है उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा होगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में विज्ञान के अध्यापकों और विद्यार्थियों सहित करीब दस हजार वैज्ञानिक और विषेशज्ञ भाग ले रहे हैं लखनऊ में आयोजित भारत अतंरश्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसरो आईसीएआर परमाण् ऊर्जा विभाग बॉयो टैक्नोलॉजी कृशि विभाग सहित अन्य विभागों की प्रदर्षनियां लोगों के आकर्शण का केन्द्र बनी हई है स्टार्टअप के लगभग दो सौ स्टॉल युवा वैज्ञानिकों को बेहतर प्रेरित कर रहे हैं मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिश्ठान में आयोजित है लेकिन वैज्ञानिक गतिविधियां षहर के अलग अलग स्थानों पर की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्सव को हरसंभव सहायता देने की घोशणा की है मुलतान सिंह यादव आकाषवाणी सामचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के बीच चमकते हुए सितारे की तरह उभर रहा है कल शाम नई दिल्ली में भारत रूस व्यापार सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले चार वर्ष में अनेक ढांचागत सुधार किए हैं उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और रूस भारत की इस प्रगति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है हमारे संबंधों को लगभग हर क्षेत्र में विस्तार मिल रहा है उसकी आधारशिला है दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और समझदारी यह हम सभी के लिए खुशी की बात है कि इस रिश्ते को दोनों ही देशों का उद्यम जगत और ज्यादा मजब्रती दे रहा है सच प्रछिए तो हम अपनी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में रूस को सबसे महत्वपूर्ण साझोदारी मानते हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं उन्होंने नये भारत के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की पिछले वर्षों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हमने काफी रिफॉर्म किए हैं आज हम एफ डीआई की द्रष्टि से सबसे खुली अर्थव्यवस्था हैं

इसी का परिणाम है कि हमारी एफडीआई पिछले तीन साल में लगभग दोगुना हुई है इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है भारत और रूस वस्तुओं के परिवहन और सेवा के क्षेत्र में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे भारत और रूस ने जमीन से हवा में मार करने वाली लम्बी दूरी की एस चार सौ मिसाइल भारत को सप्लाई करने के समझौते पर कल नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में सैन्य तकनीकी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई भारत और रूस ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के लिए बिना किसी दोहरे मानदंड के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और रूस के बीच बेजोड़ संबंध हैं

नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में रूस हमेशा साथ रहा है श्री मोदी ने शोची शिखर सम्मेलन की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यापार रेलवे परमाणु क्षेत्र और सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम क्षेत्रों के सहित आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल रही है नई दिल्ली में षिखर वार्ता में श्री सिंह ने कहा कि नक्सलवाद देष के सामने बड़ी चुनौती है और सरकार किसी तरह की हिंसा बर्दाष्त नहीं करेगी इतनी बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गर्वमेंट के संबंध में जिसको जो कहना है उसकी आइडियोलॉजी उसकी फिलोस्फी डिफरेंस हो सकती है भले ही हम उससे सहमत हों न हो सब चलेगा लेकिन किसी को वायलेंस इस देष में प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती गृहमंत्री ने कहा कि माओवादियों को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है और षहरी नक्सलवादी हिंसा भड़काने में लगे हैं श्री सिंह ने कष्मीर की समस्याओं के लिए पाकिस्तान को दोशी ठहराया और कहा कि सरकार जम्मू कष्मीर की स्थिति सुधारने के प्रयास कर रही है श्री सिंह ने लखनऊ में तिवारी हत्याकांड को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया प्रदेष सरकार ने राज्य को खुले में षौच मुक्त ओडीएफ करने की समय सीमा को बढ़ाकर इकतीस दिसम्बर कर दिया है इससे पूर्व पूरे राज्य को खुले में षौच मुक्त करने की समय सीमा तीस नवम्बर निर्धारित की गई थी पंचायती राज्य मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने कल लखनऊ में पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेष के ग्रामीण इलाको का निन्यानवे फीसदी से अधिक क्षेत्र खुले में षौच मुक्त हो चुका है